झालावाड जिला भी संकमण की जद में आ गया है यहां कल दो पॉजिटिव मामले सामने आये है

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शब ए बारात के मौके पर प्रदेशवासियों को मुबारकबाद दी है उन्होंने मुस्लिम समाज के लोगों से अपील की है कि कोरोना वायरस के संकमण को रोकने के लिए लॉकडाउन का पालन करते हुए सामुहिक रूप से इकट्ठा ना हो और सोशल डिस्टेसिंग रखते हुए अपने घर में ही रहकर इबादत करें इस मौके पर अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री सालेह मोहम्मद ने कहा है कि सभी लोग मस्जिद में इबादत न करके घर में ही रूके और सोशल डिस्टेसिंग की पालना करते हुए घर में नमाज अदा करें

उन्होंने कहा कि इस दौरान सोशल डिस्टेसिंग प्रोटोकॉल का किसी भी कीमत पर उल्लंघन नहीं होना चाहिए श्री गहलोत ने कल मुख्यमंत्री निवास पर वीडियो कांफ्रेसिंग के जिरिये नगरीय विकास मंत्री शांति धारीवाल चिकित्सा मंत्री रघू शर्मा कृषि मंत्री लालचन्द कटारिया सहित वरिष्ठ अधिकारियों के साथ इस संबंध में चर्चा की

शिक्षा राज्य मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने बताया कि अगर कोई संस्थान ऐसा करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जायेगी उन्होंने कहा कि सभी शिक्षण संस्थानों को अपने यहां काम कर रहे अध्यापकों और अन्य कार्मिकों को समय पर वेतन देना होगा

श्री मोदी ने कहा कि देश कड़े फैसले करने को विवश हो गया है और निगरानी जारी रखनी होगी संसद में वीडियो कॉन्फ्रंस के जरिये राजनीतिक दलों के नेताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि कई राज्यों की सरकारों जिला प्रशासनों और विशेषज्ञों ने लॉकडाउन की अवधि बढ़ाने का सुझाव दिया है उन्होंने कहा कि इन बदलती परिस्थितियों में देश को अपनी कार्य संस्कृति और काम करने की शैली में बदलाव की कोशिश करनी चाहिये

नेताओं ने प्रधानमंत्री को आश्वासन दिया कि संकट की घड़ी में पूरा देश उनके साथ है

स्वास्थ्य मंत्रालय में संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने नई दिल्ली में बताया कि गंभीर मामलों के लिये समर्पित हेल्थ केयर सेंटर और अस्पताल बनाये जा रहे हैं

सरकार ने सभी लम्बित जीएसटी और सीमा शुल्क रिफंड की राशि भी तत्काल जारी करने का निर्णय किया है इससे सूक्ष्म मध्यम और लघु उद्यम सहित लगभग एक लाख छोटे व्यवसायों को लाभ होगा

इस कार्यक्रम में राजस्थान में आकाशवाणी के सभी केन्द्र सक्रिय भागीदारी निभा रहे है

साथ ही कई डॉक्टरों के माध्यम से श्रोताओं को कोरोनामुक्त रहने का संदेश भी दिया जा रहा है

साथ ही एसओजी के पुलिस अधीक्षक अभीजीत सिंह फोन पर सीधी बातचीत में साईबर धोखाधडी से बचने के बारे में बतायेंगे